पिछले साल सितम्बर महीने में राजधानी पटना में हुए जलजमाव के लिए दोषी पाये गये एक आईएएस समेत बीस अधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है जबकि संविदा पर नियुक्त सात अभियंताओं को बर्खास्त कर दिया गया है नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने बताया कि जलजमाव की जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गयी थी उसी टीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें बूडको के तत्कालीन एमडी और आईएएस अधिकारी अमरेन्द्र प्रसाद सिंह और पटना नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन भी शामिल हैं श्री सुमन फिलहाल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं निलंबित अधिकारियों में तीन डिप्टी कलेक्टर भी हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में नई दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में आज सजा पर फैसला आने की संभावना है पॉक्सो कोर्ट ने चार फरवरी को सजा पर बहस पूरी कर ली थी और ग्यारह फरवरी को सजा सुनाने की तारीख तय की थी कोर्ट ने बीस जनवरी को सुनवाई करते हुए इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत उन्नीस लोगों को दोषी करार दिया था उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ऑनलाइन पंजीकृत राज्य के एक करोड़ बीस लाख किसानों को विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे आधार से जुड़े उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है श्री मोदी ने पटना में कहा कि असामान्य मानसून और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अठारह लाख पचासी हजार किसानों के बैंक खाते में दो वर्षो में ग्यारह सौ संतावन करोड़ से अधिक रुपये की कृषि इनप्रेट सब्सिडी दी गई है उन्होंने कहा कि मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षो के लिए साठ करोड़ पचास लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब खादी उत्पाद बिना मान्यता वाली द्कानों पर नहीं बिकेंगे खादी ग्राामोद्योग ने इस संबंध में विज्ञापन निकालकर खादी शब्द के गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा करने की चेतावनी दी है आयोग के राज्य निदेशक बी एस बागुल ने बताया कि राजधानी पटना में अब सिर्फ आठ मान्यता प्राप्त दुकानों पर ही खादी के उत्पाद बेचे जा सकेंगे उन्होंने कहा कि आयोग की पहल के बाद बिना मान्यता प्राप्त दुकानों ने अपनी दुकानों के नाम से खादी शब्द हटाना शुरू कर दिया है पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में विकास कार्यों के दावों की पड़ताल के लिए जांच टीम गठित की है इस टीम की जांच रिपोर्ट को सही माना जायेगा और उसी के आधार पर उत्कृष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों का चयन किया जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित पंचायतों के नाम केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भेजा जायेगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पंचायत पुरस्कार दो हजार बीस के लिए पंचायतों से आवेदन मांगा है स्वास्थ्य सचिव प्रीती सूदन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नए कोरोनावायरस के रोकथाम के बारे में संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ तैयारियों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है लेकिन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को लगातार सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है उन्होंने राज्यों से इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार काम करने को कहा है पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बिजली कर्मियों ने आज होने वाली प्रस्तावित हड़ताल वापस ले लिया है पेसा के महासचिव सुरेन्द्र कुमार ने बयान जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करते हुए हड़ताल को वापस लिया गया है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और तेज पछूआ हवा के कारण प्रदेशभर के औसत तापमान में कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पूर्णियां का न्यूनतम तापमान आठ पटना का आठ दशमलव सात और भागलपुर का नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने सात निश्चय योजनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेयजल निश्चय योजना को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक हर हालत में पूरा करने का निर्देश दिया है दरभंगा में उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री कामत ने कहा कि राज्य सरकार सभी व्यक्तियों को नल का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चला रही है पटना नगर निगम के वार्ड छब्बीस में सम्पन्न वार्ड पार्षद उप चूनाव की मतगणना आज की जा रही है पटना समाहरणालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो गया अड़तालीसवीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतराज्यीय कैरम चैम्पियनशिप में बिहार की महिला टीम ने खिताब जीत लिया है फाइनल मुकाबले में बिहार ने आंध्र प्रदेश को शून्य के मुकाबले तीन अंको से पराजित कर दिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने छह हजार तीन सौ उनासी जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्षों की छूट दी है वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित एसडीओ आवास का घेराव कर उग्र लोगों ने हंगामा किया इस दौरान हुए पथराव में एसडीओ और उनके सुरक्षा गार्ड के घायल होने की सूचना है पुलिस ने इस संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार किया है पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में एक अवकाश प्राप्त पूलिस उपाधीक्षक और वर्तमान में बिहार प्रलिस भवन निर्माण निगम के सहायक सचिव करम लाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है नगर विकास और आवास विभाग ने राजधानी पटना के इकतालीस पार्को के रखरखाव उन्नयन और निर्माण कार्य के लिए साढ़े चौदह करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना में हुए जलजमाव के दोषी अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से छापा है हिन्दुस्तान ने इस पर शीर्षक लगाया है पटना को डुबोने वाले सत्ताईस अफसरों पर गिरी गाज दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है एससी एसटी एक्ट के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी जमानत दैनिक भास्कर ने पटना में हुए सिलेंडर विस्फोट को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पूरा घर ही बन गया था गैस चैम्बर माचीस जलाते ही सिलेंडर की तरह फटी दीवारें प्रभात खबर ने केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार बोली उठाया जायेगा उचित कदम इसके अलावा बिजली कर्मियों की आज होने वाली हड़ताल वापस बिहार आते आते गंगा में घट जा रही है औक्सीजन पटना से उन्नीस मार्च से वाराणसी जयपुर अमृतसर और गुवाहाटी के लिए नये उड़ानों की खबर को भी प्रमुखता मिली है